जापान यात्रा के आखिरी दिन आज श्री मोदी ने मेक इन इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप एंड इंडो जापान पार्टनरशिप इन अफ्रीका पर एक संगोष्ठी में ये बात कही उन्होंने बताया कि भारत विश्व बैंक के ईज़ ऑफ डूईग बिजनेस रिपोर्ट में सौवें स्थान पर पहुंच गया है

अब हम सौंवी रैंक पर पहंचे हैं और अभी भी लगातार प्रयास करके इस रैंकिंग में सुधार के लिए बहुत व्यापक स्तर पर सेट्रल गवर्मैंट के स्तर पर स्टेट गवर्मैंट के स्तर पर लोकल बॉडी के स्तर पर हम एक के बाद एक कदम उग रहे हैं श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में कारोबार करने के माहौल में और तेजी से सुधार होगा क्योंकि केन्द्र सरकार राज्यों और प्रशासन के साथ भिलकर काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में उद्यम स्थापित करने के लिए जापान के न केवल बड़े उद्योग घरानों बल्कि मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों का भी स्वागत है

भारत में विशेषकर के जापान की एमएसएमई कंपनियों के काम करने की बहत ज्यादा संभावना है भारत आने वाली हर बड़ी कंपनी का तो स्वागत है ही पर एमएसएमई के जरिए भी जापानी बिजनेस लीडर्स अपने व्यवसाय को नई ऊंचाईयों तक ले जा सकते हैं प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत के सॉफ्टवेयर के जापान के हार्डवेयर के साथ मेल से बहुत उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं उन्होंने कहा कि भारत में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास का बेहतर माहौल बन रहा है उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर अपीलों की सुनवाई की तारीख न्यायालय की एक उचित पीठ अगले वर्ष जनवरी में तय करेगी इन अपीर्लो में भूमि विवाद मामले में दो हजार दस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नवम्बर के आखिरी सप्ताह तक वाराणसी में बन्दरगाह संहित कई परियोजनायें पूरी कर ली जायेंगी

उन्होंने कहा कि वाराणसी से हल्दिया तक जल आवागमन की व्यवस्था से किसानों और व्यापारियों को अपना सामान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक पहुंचाने और वहां से लाने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि इससे सामान की कीमतों में भी गिरावट आयेगी इससे पहले मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं के तहत हो रहे कार्यों के साथ साथ रामनगर में निर्माणाधीन बंदरगाह का स्थलीय निरीक्षण भी किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रवासी भारतीय भवन का निर्माण किया जायेगा

भवन का निर्माण मॉरिशस के प्रवासी भारतीय भवन की तर्ज पर किया जायेगा आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मॉरिशस का प्रधानमंत्री करेंगे आगरा के डॉक्टर भीमराम आम्बेडकर विश्वविद्यालय का चौरासीवां दीक्षांत समारोह आज ध्रमधाम से मनाया गया इस अवसर पर समारोह को सम्बोधित करते हये केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर भी ध्यान देना चाहिये उन्होंने कहा कि छात्रों को संस्कारिक बनाने में सर्वाधिक भूमिका एक शिक्षक की होती है उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि शिक्षा के दौरान वह गुरू का सानिध्य प्राप्त करते रहें समारोह की अध्यक्षता करते हये राज्यपाल श्री राम नाईक ने विश्वविद्यालय के कार्य प्रणाली की सराहना करते हथे कहा कि प्रदेश का यह पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें समय से प्रवेश और शिक्षण का कार्य सम्पन्न किया गया साथ ही परीक्षा परिणाम भी निर्धारित अवधि में घोरित कर दिया गया दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को एक सौ पचीस मेडल दिये गये समारोह में एक सौ नौ विद्यार्थियों को पीएचडी एक सौ छः विद्यार्थियों को एम फिल और पांच विद्यार्थियों को डी लिट की उपाधि भी प्रदान की गयी